ये निर्देश रेडजोन में भी लागू होंगे हालांकि सार्वजनिक स्थानों या कार्यस्थल पर इन्हे खाने और थूकने पर रोक जारी रहेगी वहीं सरकार ने रेड जोन में सार्वजनिक पार्को टैक्सी और कैब सेवा को भी शुरू करने की अनुमति दे दी है गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने बताया कि इस बारे में नये आदेश जारी कर दिये गये है उन्होंने बताया कि रेड जोन में भी पार्क सुबह सात बजे से शाम पौने सात बजे तक खूले रहेंगे पार्क में ओपन जिम और झूलों पर रोक रहेगी वहीं वॉकिंग जोगिंग और एक्सरसाईज की जा सकेगी हालांकि पार्क में बने पूजा स्थल नहीं खूलेंगे उन्होंने बताया कि ठेला कियोस्क छोटी द्रकान के माध्यम से खाद्य सामग्री बेचने वाले लोगों को पहले से ही अनुमति दी गयी है हालांकि उन्हें कृष्ठ शर्तो का पालन करना होगा इन लोगों को साफ सफाई और कचरा संग्रहण का इंतजाम करना होगा

प्रदेश में कोरोना संकमण से ठीक होने वाले मरीजों का आकडा चार हजार से ऊपर पहुंच गया है

लॉकडाउन के कारण प्रदेश में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने का सिलसिला जारी है

कल भी बीकानेर से मध्यबनी के लिए ट्रेन रवाना की जायेगी

प्रदेश में टिड्डी दलों का हमला लगातार जारी है इसके चलते श्रीगंगानगर जिले में एक बार फिर टिड्डी दलों के आने से किसानों की परेशानी बढ गई है करीब पांच किलोमीटर लंबे टिड्डियों के दल ने जिले के भोमपुरा ठाकरी और बगीचा क्षेत्र में पडाव डाला हुआ है

कृषि विभाग और टिड्डी नियंत्रण मण्डल की टीमे मौके पर पहुंचकर इन्हें नष्ट करने के लिए कीटनाशक का छिडकाव करने में जुटी है भारतीय जनता पार्टी नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है भाजपा देशमर में इस मौके पर वर्चुअल रैलियों का आयोजन करेगी और एक हजार से अधिक ऑनलाइन बैठकें करेगी